इस दौरान प्रश्नकाल के अलावा शासकीय व अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे

सेनेटरी केंद्र सरकार ने जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली सेनेटरी नैपकिन का मूल्य प्रति नैपकिन ढाई रूपए से घटाकर एक रूपए कर दिया है केंद्रीय रसायन और उरर्वक मंत्री सदानंद गौड़ा ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में बताया कि इससे महिलाओं की स्वास्थ्य हाईजीन को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा देश भर में साढ़े पांच हजार जैनरिक दवाओं की दुकानों पर ये नैपकिन बेचे जाएंगे इस बीच एक मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम की भी शुरूआत की गई है जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति निकटतम जनऔषधि केंद्र का पता लगा सकता है श्रद्वाजंलि प्रदेश भाजपा आज सांय साढ़े चार बजे शिमला के गेयटी थियेटर सभागार में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री स्व अरूण जेटली को भावपूर्ण श्रद्धाजंलि अर्पित करेगी पार्टी के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस श्रद्वाजंलि सभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे जल शक्ति केंद्र सरकार के जल शक्ति अभियान के तहत कांगड़ा जिला के इंदौरा विकास खंड सहित अन्य क्षेत्रों में भूजल संरक्षण व पुर्नभरण को लेकर विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी कांगड़ा के एडीसी राघव शर्मा ने अभियान को लेकर विभिन्न विभागों और इसरो से आए वैज्ञानिकों के साथ कल धर्मशाला में एक बैठक के दौरान ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत भी भूजल संरक्षण को लेकर काम किया जाएगा राघव शर्मा ने भूजल संरक्षण व पुर्नभरण के लिए त्वरित कदम उठाने की जरूरत बताते हुए कहा कि प्रशासन विभिन्न विभागों को साथ लेकर कार्य करेगा एडीसी ने बताया कि इसरो द्वारा उपलब्ध करवाए गए मैप के माध्यम से जिले में भूजल की स्थिति को देखकर जरूरत के मुताबिक काम किया जाएगा आपदा प्रशिक्षण जिला आपदा प्रबंधन कमेटी की एक बैठक उपायुक्त केसीचमन की अध्यक्षता में कल सोलन में हुई इस दौरान आपदा से निपटने की तैयारियों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई

ग्रामीण क्षेत्रों में बन रहे भवनों को सही तरीके से बनाने पर भी जोर दिया गया उपायुक्त ने कहा कि आपदा के समय कम नुकसान और बचाव के उददेश्य से सभी खंड स्तरों पर प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे ताकि लोगों को आपदा से निपटने के बारे जागरूक किया जा सके मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में आज दिन की शुरूआत धूप के साथ हुई है मौसम के साफ रहने से बीते दिनों हुई भारी वर्षा से अवरूद्व पड़े सड़क मार्गो को खोलने और अन्य राहत कार्यो में तेजी आने की उम्मीद है

एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने विधानसभा के मॉनसून सत्र से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

अमर उजाला का शीर्षक है पर्यटन निगम के होटल ठेके पर देने पर विधानसभा में हंगामा वाकआउट दैनिक जागरण के शब्द हैं हिमाचल हित पर हंगामा कांग्रेस ने सदन से किया वाकआउट दैनिक भास्कर बतौर मुख्यमंत्री लिखता है पर्यटन विभाग की संपत्तियां बेचने का सवाल ही नहीं होता

दैनिक भास्कर व दिव्य हिमाचल की एक खबर है जाठिया देवी सैटेलाइट टाउनशिप का एमओयू कैंसिल अब हिमुडा खुद करेगा कालोनी का निर्माण

आपका फैसला ने राज्यपाल के हवाले से लिखा है पर्यटन विकास के लिए प्रदेश में अपार संभावनाएं मणिमहेश यात्रा पर अमर उजाला की सुर्खी है मणिमहेश यात्रा शुरू फिलहाल पैदल और दोपहिया वाहनों की ही आवाजाही इसी खबर को दैनिक सवेरा टाइम्स ने प्रमुखता दी है मणिमहेश यात्रा फिर शुरू आज से हैलीकॉप्टर भरेगा उड़ान

किसान बागवानों की समस्याओं को लेकर राठौर ने सीएम को सौंपा ज्ञापन शीर्षक से डेमोकेसी हिमाचल ने खबर को प्रमुखता दी है